विधानसभा में टीसीपी विभाग की नई भवन निर्माण योजना के मुददे पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट आर्थिक सर्वेक्षण विश्वभर की आर्थिक मंदी का असर पहाड़ों पर भी नजर आया है हिमाचल प्रदेश के विकास की रफ्तार कम हो गई है

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि उसका राजकोषीय घाटा कम हुआ है

वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश व देश में किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं कि वह सभी बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाए

प्रश्नकाल दो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देशभर में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में सबसे आगे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी

इसे आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला कुल्लू और कल्पा केंद्रों से भी रिले किया जाएगा

वाकआउट संकल्प विधानसभा में विपक्ष ने आज एक बार फिर वाकआउट कर सदन का माहौल गरमा दिया प्रदेश सरकार के टीसीपी विभाग की नई भवन निर्माण योजना के मुद्दे पर शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वाकआउट किया इस संबंध में कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने आज निजी कार्य दिवस के मौके पर सदन में संकल्प पेश किया था जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया विपक्ष का कहना था कि सदन में उठाए गए मुद्दों पर शहरी विकास मंत्री ने सही जवाब नहीं दिया विपक्ष ने मंत्री को विभाग चलाने में अक्षम भी बताया और साथ ही नक्शे पास होने के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया बाद में सदन ने ध्वनिमत से इस संकल्प को विपक्ष की गैर हाजिरी में रद्द कर दिया इससे पूर्व संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक आशा कुमारी राजेंद्र गर्ग सुखविंद्र सिंह सुक्खू विनोद कुमार बलबीर सिंह सुंदर सिंह ठाकुर और राकेश पठानिया ने भी भाग लिया संकल्प प्रदेश सरकार ने राज्य की नई खेल नीति का रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे लोगों के सुझाव और फेरबदल के लिए जनता के बीच भी रख दिया गया है यह बात वन व खेल मंत्री गोबिंद ठाक्र ने आज प्रदेश विधानसभा में भाजपा के राकेश जंवाल द्वारा प्रदेश की नई खेल घोषित करने को लेकर लाए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही

गोबिंद ठाक्र ने कहा कि जनता के समक्ष रखी गई नई खेल नीति को लेकर सरकार को अनेक सकारात्मक सुझाव मिले हैं उन्होंने कहा कि सरकार इन सुझावों पर गौर कर रही है और सही सुझावों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा इससे पहले संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू बिक्रम सिंह जरयाल राजेंद्र राणा सुभाष ठाकुर लखविंद्र राणा परमजीत सिंह पम्मी राम लाल ठाकुर राकेश पठानिया जगत सिंह नेगी विशाल नैहरिया नंद लाल बलवीर वर्मा राजेंद्र गर्ग और जेआर कटवाल ने भी हिस्सा लिया

इस केन्द्र को चलाने में मसक्युलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित महिला संजना गोयल का अहम योगदान रहा है

डिस्पैच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में संजना गोयल ने मसक्युलर डिस्ट्रॉफी सेंटर चलाकर महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश की है

संजना गोयल शारीरिक अक्षमता के बाद भी औरों के चेहरे पर मुस्कान लाई इससे ये साबित होता है कि हौंसले से बुलंदियों को छुआ जा सकता है